प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के मंत्र का पूरी तरह पालन करना आवश्यक है उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खत्म हो गया है और आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे फिर शुरू हो रही हैं लेकिन हम सबको अभी पूरी तरह सतर्क रहना है पिछले सात महीनों में सातवीं बार राष्ट्र को संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि जनता कर्फयू से लेकर आज तक कोरोना से लड़ाई में भारत लंबा सफर तय कर चका है उन्होंने कहा कि महामारी की वैक्सीन बनने तक यह लड़ाई कमजोर नहीं पड़नी चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवही नहीं बरती जानी चाहिये उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस अभी हमारे बीच से गया नहीं है लापरवाही बरत कर स्थिति को बिगड़ने नहीं देना है और समी को मिलकर इससे लड़ने की जरूरत है प्रधानमंत्री ने कहा कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में टेस्ट की बढ़ती संख्या हमारी एक ताकत रही है कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में टेस्ट की बढ़ती संख्या हमारी एक बड़ी ताकत रही है सेवा परमो धर्म के मंत्र पर चलते हुए हमारे डॉक्टर हमारे नर्सेज हमारे हेत्थ वर्करस हमारे सुरक्षाकर्मी और भी सेवा के भाव से काम करने वाले लोग इतनी बड़ी आबादी की निःस्वार्थ सेवा कर रहे हैं इन सभी प्रयासों के बीच यह समय लापरवाह होने का नहीं है यह समय यह मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आती और दवाई नहीं बन जाती तब तक पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है प्रधानमंत्री ने संत कबीरदास के दोहे का उल्लेख करते हए कहा कि लोगों को पूरी सफलता प्राप्त होने तक सतर्कता बरतनी चाहिये साथियों जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरे दुनिया में काम हो रहा है अनेक देश इस के लिए काम कर रहे हैं हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जूटे हैं भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर हैं ऐसी स्थिति दिखती है साथियों कोरोना की वैक्सीन जब आएगी वह जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है प्रधानमंत्री ने मीडिया और सोशल मीडिया से आग्रह किया है कि वह देश हित में कोरोना को लेकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने का कार्य करें केन्द्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल ब्लॉक और जिला स्तरीय विकास योजनाओं की तैयारी की रूपरेखा जारी की यह रूपरेखा योजनाएं तैयार करने के लिए ब्लॉक और जिला पंचायतों के वास्ते चरणबद्व ढंग से कार्य करने की मार्गदर्शिका है श्री तोमर ने आशा व्यक्त की कि इस रूपरेखा से ब्लॉक और जिला स्तर पर समावेशी विकास को बढावा मिलेगा इससे स्थानीय तौर पर उपलब्ध संसाधनों स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा जिससे ब्लॉक और जिला स्तर पर समावेशी विकास को प्रोत्साहन मिलेगा यह ब्लॉक और जिला पंचायतों में विकेंद्रीकृत योजना बनाने से जुड़े सभी सम्बंधित व्यक्तियों और पक्षों के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करेगी और इससे ग्रामीण भारत में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा

उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा तमिलनाडु उत्तराखण्ड चण्डीगढ़ जम्मू कश्मीर और केरल में खरीद प्रक्रिया तेजी से चल रही है

प्रदेश में राज्यसभा की दस सीटों के चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी की गई

सांसदों के कार्यकाल पूरा होने पर ये चुनाव कराए जा रहे हैं

प्रदेश में सात विधानसभा सीटों पर होने वाले उप चुनाव के लिए प्रचार कार्य तेज हो गया है इन सात सीटों पर तीन नवम्बर को वोट डाले जायेंगे और मतों की गिनती दस नवम्बर को की जायेगी सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्युअल माध्यम से बूथ लेबल पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया है

देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है केंद्र सरकार ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सक्रियता से कदम उठा रही है

श्री भूषण ने कहा कि पिछले सात दिन में प्रत्येक दस लाख की जनसंख्या पर भारत में तीन सौ दस लोग संक्रमित हुए जो विश्व में सबसे कम में से एक है

प्रदेश में कोरोना के संकमण में लगातार कमी दर्ज की जा रही है और कोरोना से ठीक होने की दर में ब्रद्धि हो रही है

देवी आराधना के पर्व शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन आज मॉ दुर्गा के पंचम स्वरूप मॉ स्कन्दमाता की पूजा अर्चना की जा रही है